चुनाव आयोग आम चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के शत प्रतिशत आवंटन को सुनिश्चित करने के लिये जल्द ही ईवीएम प्रबंधन सॉफ्टवेयर लायेगा

इससे पहले पार्टी की चुनाव प्रबंधन सभिति की बैठक कल जयपुर में आयोजित हुई इसमें राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समिति के संयोजक प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर सहित कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे बैठक के बाद श्री जावडेकर ने बताया कि समिति के पदाधिकारी प्रदेश में आज अलग अलग जिले के दौरो पर निकलेंगे उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव कमेटियों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की गई

आज प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश चुनाव सभिति और चुनावी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक होगी इसमें दावेदारों के नाम पर चर्चा के अलावा घोषणा पत्र में शामिल किये जाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी चुनाव समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में होगी इसमें श्री पायलट के अलावा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे बैठक में शामिल होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दावेदारों के नाम पर चर्चा करने के बाद स्क्रीनिंग समिति निर्णय लेगी

इस संबंध में आज जिलास्तरीय बैठक और कल तथा परसों मण्डल बूथ स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक होगी

एजेंसी के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट को ट्रैक करने के लिए एक जंबरदस्त प्रणाली लायी जा रही है जो मशीन के प्रत्येक ऑपरेशन प्रारंभिक जांच और चुनाव में आने वाली त्रुटियों पर पूरी नजर रखेगी

जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर मेह दी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मतदाताओं को विशेष रूप से महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया

गौरतलंब है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पिछले कुछ दिनों से चली आ रही कर्मचारियों की हडताल खत्म हो गई है इससे पहले कल से फिर से शुरू हुए रोड़वेज बसों के सुचारू संचालन से लोगों को राहत मिली है

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कृतज्ञ राष्ट्र सभी वायू योद्वाओं और उनके परिवारों को वायु सेना दिवस पर सलाम करता है वे हमारी हवाई सीमाओं की तो रक्षा करते ही हैं आपदाओं के समय भी आगे बढकर राहत और बचाव अभियान चलते हैं उन्होंने कहा कि पूरे देश को वायु सेना पर गर्व है वायु सेना दिवस पर दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस पर भव्य परेड का आयोजन किया गया इस दौरान वायु सेना ने अपनी ताकत और मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया

पहली उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से किशनगढ के लिये रवाना होगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मामले में सुरक्षा की दृष्टि से फतेहपुर कस्बे में जयपुर से एक ईआरटी की टीम तैनात की गई है

यह अतिरिक्त कोच न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस खूजराहो एक्सप्रेस इंटरसिटी और होलीडे ट्रेनों में जोड़े जाएंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तरुण जैन ने बताया कि उदयपुर सराय रोहिल्ला चेतक एक्सप्रेस में भी अंतिरिक्त कोच लगाया जा सकता है